उन्होंने कहा कि सच्ची और सहज सूचनाओं को मजबूती प्रदान करने की इसी प्रतिबद्धता के चलते आर टी आई के अंतर्गत दी जाने वाली सूचनाओं में कमी लाने के लिए अधिकतम सरकारी विभाग स्वयं सूचना देने को बढ़ावा दे रहे हैं

इस दौरान धर्मशाला और पच्छाद में होने वाले उपचुनाव के अलावा भाजपा सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदस्यता अभियान के बारे में पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया

बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार सांझा करने के लिये आमंत्रिात किया है

आंगनबाडी ऊना जिला के आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में बदलाव किया गया है

उन्होंने कहा कि मौसम के मद्देनजर केन्द्रों के समय में बदलाव किया गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्र के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है नए राज्यपाल ने पदभार संभालते ही गिनवाईं प्राथमिकताएं स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण संरक्षण नशामुक्ति व बेटी बचाने पर रहेगा ध्यान केन्द्रित दैनिक जागरण का शीर्षक है जन आंदोलन से खत्म करना होगा नशा राज्यपाल ने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा पर दिया बल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है उपचुनाव से पहले नहीं होगा मंत्रिमण्डल का विस्तार पंजाब केसरी का शीर्षक है उपचुनाव जीत दर्ज करने के साथ सरकारी काम आगे बढ़ाना प्राथमिकता हिमाचल दस्तक लिखता है सीएम बोले जल्द सुलझ जाएंगे कांगड़ा भाजपा में उठे मतभेद कांग्रेस के कई नेता सम्पर्क में जल्द खुलासा होगा

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है छात्र चूनाव को फिलहाल सरकार की हरी झंडी नहीं किसानों बागवानों के हित में बदलेगा मार्केटिंग बोर्ड कानून शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है पहली बार शामिल होगा कांट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान